उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते यदि उनकी जाति वहां एससी एसटी के रूप में अधिसूचित नहीं है पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कल एक याचिका पर ये फैसला सुनाया पीठ ने कहा कि जहां तक दिल्ली का संबंध है तो यहां एससी एसटी के बारे में केन्द्रीय आरॅक्षण नीति लागू होगी उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उनके परिसरों में इनोवेशन क्लब खोले जायेंगे और नवाचार में इन संस्थानों की उपलब्धियों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जायेगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् परिसर में एक नवाचार प्रकोष्ठ की शुरुआत की तथा नवाचारी उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग लांच की नवाचार प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन क्लबों के नेटवर्क के जरिये छात्रों को नवाचार की गतिविधियों में शामिल करना है जिससे नये विचार तथा प्रक्रियाओं से उनका सामना हो सके और उन्हें प्रोत्साहन तथा प्रेरणा मिल सके जोधपुर संभाग को छोडकर प्रदेष के सभी विष्वविद्यालयों और उनसे संबद्व कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी है

मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है दोपहर एक बजे तक वोट डाले जा सकेंगे पुलिस और प्रषासन ने मतदान शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं विष्वविद्यालयों और कॉलेज परिसर के आस पास पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है विष्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के अतिरिक्त बाहरी लोगों को प्रवेष नहीं दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा आज जालौर जिले में प्रवेश करेगी मुख्यमंत्री जसवंतपुरा में सुधा माता के दर्शन करने के बाद बागरा और बिशनगढ में आमसभाओं को संबोधित करेंगी इससे पहले उन्होंने आज सिरोही में प्रस्तावित ब्रम्ह क्मारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका से मुलाकात की आयकर रिटर्न की संख्या इस साल अब तक पांच करोड़ हो चुकी है

अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरे जाने से साफ है कि लोग आयकर कानून का पालन कर रहे हैं और यह सरकारी वित्त व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हैं वेतन भोगी तथा व्यापार और अन्य पेशे से जुड़े लोगों के लिए बिना लेखा परीक्षा कराए आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा के चैयरमेन पवन कुमार गोयल ने कहा है कि रेरा बिल्डर और उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी है इससे धोखाधड़ी रुकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी श्री गोयल कल उदयपुर संभाग के निकायों के अफसरों बिल्डर्स और डवलपर्स के साथ उदयपुर में आयोजित रेरा जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थें उन्होंने कहा कि रेरा में बिल्डर्स को पंजीयन कराना जरूरी है और वे ऐसा नहीं करते है तो उनके लिए कानुनी कार्रवाई का प्रावधान है

वहीं उदयपुर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में मोचिया खदान में मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई